इस अवसर पर आज हरियाणा में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए कल हरियाणा दिवस मनाया जा रहा है राज्य स्तरीय समारोह करनाल में होगा हरियाणा में वाल्मीकि जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई हरियाणा के कृषि मंत्री जय प्रकाश दलाल ने किसानों से जल संरक्षण का आहवान किया

इस अवसर पर आज सुबह गुजरात के केवडिया में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां स्टेच् ऑफ युनिटी पर एकता दिवस परेड को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया राष्ट्रपअति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायड गृह मंत्री अमित शाह तथा दिल्ली के लेफटीनेंट गर्वनर अमित बैजल ने भी आज प्रातः नई दिल्ली में पटेल चौंक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पार्पित किए इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को एकता की शपथ दिलाई फरीदाबाद में भारत रत्न लोह पुरूष सरदार बल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण और उनके नाम पर भूमि का उदघाटन केन्द्रीय राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर व हरियाणा के परिवहन मंत्री मुलचंद शर्मा द्वारा किया गया

येमुनानगर में भी सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई जगह जगह पर आयोजित कार्यक्रमों में लोगों ने राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए काम करने की शपथ ली

मुख्यातिथि के रूप में भिवानी से बीजेपी विधायक घनश्याम सर्राफ ने शिरकत की

उधर फतेहाबाद में भी पुलिस प्रशासन ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया और कर्मचारियों की राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की शपथ दिलाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए राजेश कुमार ने सरदार पटेल की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय एकता के मायने बताए रेवाड़ी में भी सरदार पटेल की जयंती के अवरस पर पुलिस ने मार्य पास्ट निकालकर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक विकास अरोड़ा ने कहाकि बेल्लभ भाई भटेल ने हमेशा देश की एकता अखंडता और भाईचारे के लिए अपना संदेश जन जन तक पहंचाया और हमारा प्रयास उनके इस संदेश की अनुपालना करते हुए उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का होगा विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज सायं साढे नौं बजे सरदार पटेल स्मृति भाषण देंगे यह भाषण आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे इस मौके पर विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन भी उपस्थित होंगे हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा कि जल संरक्षण आने वाले समय की जरूरत है इसको देखते हुए मेरा पानी मेरी विरासत योजना लागू की गई है सरकार का संकल्प पानी की एक एक ब्रंद बचाना और हर खेत तक पानी पहंचाना है

पंचकूला में नागरिकों के एक संगठन ने नागरिकों से अपील की है कि वह दिवाली के अवसर पर पटाखे फुलझड़ियां व बम पटाखों से दूरी बना कर रखें ताकि धूएं से होने वाले प्रद्षण से बचा जा सके

हरियाणा सरकार द्वारा कल हरियाणा दिवस के अवसर पर करनाल में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जा रहा है एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में और उप मुख्यमंत्री दृश्यंत चौटाला रोहतक में मुख्यातिथि के रूप में शिरकत करेंगे हरियाणा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य ने हरियाणा दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेशवासियों को हार्दिक श्भकामनाएं एवं बधाई दी है उन्होंने कहा कि हरियाणा विभिन्न क्षेत्रों में देश में प्रथम स्थान पर है यह प्रदेशवासियों के कठोर परिश्रम एवं सहयोग से ही संभव हो पाया है हरियाणा निरंतर प्रगति के पथ पर बढते हए उंचाई की ओर बुलंदियों को छएगा

सामाजिक दूरी अपनाते हए आस पास के क्षेत्र में साफ सफाई रखें और सैनेटाईजर का प्रयोग करें इससे जल्द ही हरियणा कोरोना मुक्त होगा कल हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य पर भिवानी के भीम खेल परिसर में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने शनिवार को भीम खेल परिसर में खेल प्रतियोगिताओं की तैयारियों का जायजा लिया प्रतियोगिता के श्भारंभ अवसरपर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटालीा मुख्यातिथि होंगे इस दौरान बिजली मंत्री खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाएंगे हरियाणा साहित्य अकादमी ने हरियाणा दिवस के अवसर पर विभिन्न नई योजनाओं को कियान्वित करने का निर्णय लिया है अकादमी के एक प्रवक्ता ने बताया कि अकादमी परिसर में नवंबर माह में संत कवि सुरदास पत्रकार बाबू बालमुकंद गृप्त और लोक कवि एवं सांग सम्राट पंडित लखमीचंद की प्रतिमाए स्थापित करने का संकल्प लिया है उन्होंने बताया कि प्रतिमा अनावरण के दूसरे चरण में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा की प्रतिमाएं चालू वित वर्ष में ही लगाने का प्रस्ताव है महर्षि वाल्मीकि जयंती आज हरियाणा पंजाब और चण्डीगढ में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने आज वालमीकि जयंती के अवसर पर करनाल के वाल्मिकी चौंक पर पृष्ट अर्पित किए उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का जीवन दर्शन समाज को एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है सामाजिक बुराइयों को दर के लिए उन्होंने सभी को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बरोदा उप चनाव बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवार की जी का दावा किया उन्होंने कहा कि जनता जो चाहेगी वहीँ होगा

एक कार्यक्रम को संबोधित करते हए हरियाणा जागृति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष राजेश सिंधू ने भगवान वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण की महत्वता का वर्णन किया यमुनानगर में भी महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती श्रद्धा से मनाई गई सामाजिक द्री का पालन कर जगाधरी यमुनानगर दाद्प्र छदरोली रादौर प्रतापनगर सरस्वतीनगर बिलासपुर साढौरा आदि स्थित भगवान वाल्मीकि जी महाराज के मंदिरों में धार्मिक आयोजनकिए गए